नदियों को जोड़ने की राष्ट्रीय योजना के तहत यह पहली परियोजना होगी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस अवसर पर कैच द रेन कैम्पेन का श्भारंभ भी किया

बैठक में म्ख्यमंत्री ने कहा कि जनता को जागरुक करने के लिए समस्त धर्मग्रु सामाजिक संगठन एनएसएस और एनसीसी के कार्यकर्ता सक्रिय रूप से जनता से सभी गाइडलाइंस का पालन करने हेत् आग्रह करें होली के मद्देनजर म्ख्यमंत्री ने कहा कि मेरी होली मेरे घर की तर्ज पर इस बार घर पर ही सभी नागरिक होली का त्योहार मनाएँ अशोक नगर जिले का होली अवसर पर होने वाला करीला मेला स्थगित रहेगा

विभाग का कहना है कि प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से में बन रहे चक्रवात के कारण क्छ जगहों पर ओले भी गिर सकते हैं भोपाल में स्बह बादल छाने के बाद बारिश हुई

म्ख्यमंत्री प्रतिदिन एक पौधा लगा रहे हैं